राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन को लेकर उचित कदम उठाने की बताई जरूरत प्रदेश में लोगों को वोट के महत्व के बारे जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन इस्तीफा कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने आज सुबह शिमला में अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा बाद में अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दियाहै लेकिन भाजपा विधायक के तौर पर वे अगले साढ़े तीन वर्षों तक मण्डी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहेंगे अनिल शर्मा ने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को बिना मुख्यमंत्री का सहारा लिए चुनाव जीतना चाहिए उल्लेखनीय है कि हाल ही में भाजपा से टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस द्वारा उनके पुत्र आश्रय शर्मा को मण्डी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अनिल शर्मा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है अपने गृह क्षेत्र सराज के दौरे के दौरान उन्हें दूरभाष पर इस संबंधी जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से बात कर इसे स्वीकार किया

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वे किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनका कैबिनेट सहयोगी कांग्रेस के लिए काम करें उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और जीता है और वे भाजपा के विधायक हैं इस नाते वे कांग्रेस के लिए काम नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ेगा मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज सिराज के थाची में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को सम्बोधित करते हए कहा कि भाजपा जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती है उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुसूचित जाति के अधिक कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के लिए गौरव की बात है मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुखराम की सोच अपने परिवार तक समिति है और उनका परिवार अवसरवाद की राजनीति करता है उन्होंने कहा कि लोग परिवारवाद की इस राजनीति से तंग आ चुके हैं वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस प्रयास में वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं इस अवसर पर तीन सौ से अधिक परिवारों ने कांग्रेस छोडकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया जिनमें पंचायतीराज संस्थानों के प्रतिनिधि और अन्य कांग्रेस नेता शामिल है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस के शिमला संसदीय क्षेत्र की आम सभा आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिह विद्या स्टोक्स कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल सहित क्षेत्र के सभी अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे कुलदीप राठौर ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब एकजुट होकर देने का सभी से आहवान किया बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी को चुनाव में एकजुटता के साथ कार्य करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और किसी भी स्तर पर अवहेलना नहीं होनी चाहिए कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये चुनाव व्यक्ति की नहीं एक विचारधारा की लड़ाई है और सभी का एकजुट होना जरूरी है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से चुनाव के दौरान पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया बाद में वीरभद्र सिंह ने पार्टी मुख्यालय में चुनाव के दृष्टिगत स्थापित मीडिया वार रूम का अवलोकन भी किया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पैकेजिंग पलास्टिक के कचरे के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत बताई है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का आज शुभारंभ करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही

उन्होंने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने और पॉलिथीन को सड़क सीमेंट और ईंट निर्माण जैसे कार्यो में उपयोग में लाने की बात कही

स्वीप कार्यक्रम राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है उधर सोलन के आईटीआई संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को वोट के महत्व और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति जागरूक किया गया इधर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत कोहबाग स्थित सरकारी स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान व लोकतंत्र से संबंधित प्रश्नोत्री कार्यकम में भाग लिया

वे स्वीप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों व लोगों को सम्बोधित कर रहे थे अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के नेता झूठ के जरिए भय का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के बिझड़ में महिला मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे ये दल ऐसे प्रयासों से मतदाताओं को भ्रमित करने में जुटे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर सहानुभूति के माध्यम से वोट वटोरना चाह रही है इस बीच भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से फोन के जरिए इस जनसभा को सम्बोधित किया रामलाल ठाक्र उधर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज घुमारवीं क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर प्रचार अभियान चलाया उन्होंने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया रामलाल ठाकुर ने कहा कि तीन बार सांसद रहे अनुराग ठाकुर बताए कि उन्होंने सांसद निधि कहां कहां खर्च की है उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने सांसद रहते संसदीय क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए और जनता इसे भली भांति जानती है किशन कपूर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषणा पत्र में एएफएसपीए सबंधी किए गए वायदे के लिए राष्ट्रवादिता का परिचय देना होगा आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और अन्य नेता ये स्पष्ट करे कि इस मुददे को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों भी ये जानने का पूरा अधिकार है कांग्रेस प्रचार वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएस बाली ने कांगड़ा में आज एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा नेता अपने प्रत्याशियों के लिए आयोजित रैलियों में सरकारी तंत्र का द्रूपयोग कर रही है उन्होंने कहा कि विपक्षी भाजपा ऐसे मुददों से लोगों को प्रभावित कर रही है जो चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे